उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन और प्रदेश में टीम वर्क का यह परिणाम सामने आया है

उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने इसके उपचार के लिये चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गो को राहत पहुंचाने के लिये किये गये प्रबंधों के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं पिछले दो दिनों के भीतर बस्ती गोरखपुर आजमगढ़ और वाराणसी के अपने भ्रमण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में काम किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश बेहतर स्थिति में हैं मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन का कड़ाई से अनपालन करने के लिये कहा उन्होंने कहा कि बिना लक्षण वाले संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल में रखा गया इससे संक्रमण नियंत्रित करने में काफी मदद मिलो उन्होंने कहा कि वर्तमान में चालू अनलॉक व्यवस्था के तहत प्रदान की गई छूट के दौरान पूरी सतर्कता अत्यन्त आवश्यक है मुख्यमंत्री ने सक्रमित व्यक्तियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने आर आगे प्रभावी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के समाधान के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर वार्ताएं जारी हैं उन्होंने कहा कि भारत इस विवाद का शीघ्र समाधान करने के प्रति वचनबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की आभासी महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर देश का गौरव कम न हो उन्होंने कहा कि इस महीने की छह तारीख को सैन्य स्तर पर हुई बातचीत रचनात्मक थी और दोनों देशों ने गतिरोध दूर करने के लिए संवाद का मार्ग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की

अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है

अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन नियमों क उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकद्दमें वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किया जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं परिवहन की व्यवस्था सहित यह प्रक्रिया पूरो करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से पन्द्रह दिन का समय दिया गया न्यायालय अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि कोविड के इलाज के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल स्थानीय निवासियों को ही भर्ती किया जाएगा श्री बैजल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी का निवासी न होने के आधार पर किसी भी रोगी को इलाज से वंचित न किया जाए

इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है

अब मनरेगा का जो कुल बजट है एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया है

तीन करोड़ से ज्यादा मजदूर अभी मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं

जिलाधिकारी आश्र्तोष टंडन ने बताया कि वर्तमान में पांच हजार दस कार्य जनपद में चल रहे हैं

उन्होंने बताया कि बीस हजार एक सौ इक्यावन प्रवासी कामगारों को भी कार्य उपलब्ध कराया गया

यह किसी एक दिन में अब तक सबसे अधिक वृद्धि है

देश में अब मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य छह प्रतिशत हो गई है

प्रदेश में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्वाल्ओं को दर्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराइ गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस सेवा का श्रभारम्भ किया राज्य के अधिकांश धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है कई स्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करते हुए यह स्थल क्रमबद्ध बाद में खुलेंगे देश विदेश में बैठे श्रद्धालु अब प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे कल काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को दूरी से ही प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऑनलाइन दर्शन की सुविधा का उद्घाटन किया इसके जरिए श्रद्वालु रूद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप भी करवा सकेंगे वाराणसी उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां पर अभी भी धार्मिक स्थलों को खोला नहीं गया है हालांकि प्रदेश में कल ही मंदिर मस्जिद गुरूद्वारे चर्च और जैन मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थल खुल गये और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में प्रजा अर्चना की लेकिन श्रद्धालु अभी भी कोरोना के संक्रमण के भय के चलते बेहद कम संख्या में इन स्थानों पर नजर आ रहे हैं

समाप्त